वे कल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री की पहली सभा कल अलवर में होगी

इस मौके पर प्रेस कांफेस में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह सभा प्रदेश में विजय यात्रा के रूप में काम करेगी और फिर से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होगी

श्री जावडेकर ने कहा कि बीजेपी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी और यह उसके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है

उन्होंने भाजपा सरकार पर बजरी माफियाओं को पनपाने का आरोप भी लगाया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य रास नहीं आ रहे हैं

वहीं सवाईमाघोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी जितेन्द्र गोठवाल को इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रसारित एक समाचार को पेड न्यूज मानते हुए नोटिस जारी किया है

इस सप्ताह के दौरान सभी मतदान केन्द्रो पर जागरूकता कार्यक्रम होंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि इस सप्ताह का नाम द म्यूजिक ऑफ डेमोकेसी रखा गया है सरगम सप्ताह के सातो दिनों में युवाओं महिलाओं और दिव्यांगजन को भी ध्यान में रखकर विशेष कार्यकम होंगे जिनके माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी सवाईमाघोपुर में कल पहले दिन कैंडल मार्च निकाला जाएगा और वोट अवश्य डाले का संदेश दिया जाएगा

उधर भरतपुर जिले के बयाना में निर्वाचन विभाग की एसएसटी टीम ने वाहनों की चैकिंग के दौरान एक कार से डेढ लाख रूपए बरामद किए हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की सात सीटों में से तीन पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा भारत की मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम छठी बार विश्व चैम्पियन बन गई है

चैपियनशिप में सिमरनजीत और लवलीना ने भारत को अब तक दो कांस्य पदक दिलाए हैं

भरतपुर में कल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संभागस्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी अलवर शहर के चूड़ी मार्केट स्थित एक दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई

दमकल की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया